किसानों के मुद्दे और बोनस की मांग को लेकर हंगामेदार रहा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन

पुलिस सम्मेलन भोपाल स्थित केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आज से जेल प्रशासन में वर्दी धारी महिलाएं विषय पर महिला जेल अधिकारियों का दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ सम्मेलन में मुख्य अतिथि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जेल सुधार गृह होने चाहिए ना कि प्रताड़ना केन्द्र उन्होंने कहा कि महिलाए अपनी संवेदनशीलता और कुशलता से जेलों का माहौल परिर्वतित कर सकती हैं ऐसा भी हो सकता है कि जेल में कोई निर्दोष भी बंद हो सकता है

इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान जेल प्रशासन में महिला अधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है इस सम्मेलन का आयोजन मध्यप्रदेश जेल एवं सुधारात्मक सेवायें और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है सम्मेलन में सीएपीटी के निदेशक पवन श्रीवास्तव सहित जेल प्रशासन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे बाद में श्री राय ने सीएपीटी के अधिकारीयों के साथ एक बैठक भी की बैठक में उन्होंने अकादमी की मितव्ययिता की सराहना करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया विधानसभा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज किसानों से जुड़े बोनस जैसे मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच तीखी नोंकझोंक हुयी और सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करना पड़ी वहीं भाजपा के सदस्यों ने बहिर्गमन भी किया प्रश्नकाल में विधायक देवेंद्र वर्मा ने राज्य में अतिवृष्टि और इसके कारण फसलों को क्षति पहुंचने का मामला उठाया था इस पर अनुपूरक सवाल और जवाब के दौरान मामला गेंहू के बोनस पर आ गया और इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने बोनस पहले भी दिया था जिस पर केंद्र सरकार ने फसल का कोटा सात लाख टन कम कर दिया यदि इस बार भी बोनस दिया जाए तो पता नही केंद्र सरकार कितना कोटा कम कर दे

श्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क रहता है मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर विपक्षी सदस्य आक्रोशित हो गए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव और वरिष्ठ विधायक डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका प्रतिकार किया इसके बाद मंत्री और कांग्रेस पक्ष के विधायक भी खड़े हो गए और एकसाथ बोलने लगे देखते ही देखते सदन शोरगुल में डूब गया भाजपा के सदस्य इस मामले को लेकर बहिर्गमन कर गए खेल खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि अतिथि विद्वानों को हटाया नहीं जायेगा बल्कि नियमित किया जायेगा

उन्होंने बताया कि अतिथि विद्वानों को रोस्टर के अनुसार नियमित करने की नीति बनाएँगे तथा पीएससी से चयन न होने की स्थिति में उनको निकाला नहीं जाएगा

जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये पशुओं के नस्ल सुधार का विशेष अभियान चलाया जा रहा है

प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की सूचनाए नहीं हैं फिर भी प्रलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अधिक सचेत है तथा मैदानी अमले के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं इस दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या आपत्ति जनक संदेश भेजने पर कार्यवाही की जायेगी

उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों के जीवन स्तर में मौजूद अन्तर को दूर करना समय की मांग है वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने प्रत्येक गांव में आध्निक तकनीक से लैस समी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया

कविता की सात पुस्तको में हिन्दी के लिए डॉ नंद किशोर आचार्य को और प्रो पन्ना मधुसूदन को संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया वहीं छह लघु कथाओं में सिंधी के लिए ईश्वर मुरजानी को पुरस्कार प्रदान किया गया

पुरस्कार के रूप में तांबे की पट्टिका एक शॉल और एक लाख रूपया नकद दिया जाता है बालरंग उत्सव इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज से तीन दिवसीय बालरंग महोत्सव आरंभ हुआ

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में आमजन के लिये प्रवेश निःशुल्क रहेगा बालरंग महोत्सव में विभिन्न विषय पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं जिनमें लघ् भारत गौरवमयी भारत समर्थ भारत वैभवशाली भारत की उड़ान शामिल हैं राज्यपाल लालजी टण्डन कल राष्ट्रीय बालरंग समारोह का शुभारंभ करेंगे

राष्ट्रीय बालरंग समारोह में विभिन्न राज्यों के बच्चों द्वारा लोक नृत्यों की प्रस्तुतियाँ दी जायेंगी

वहीं बालिका वर्ग में ऐश्वर्या मेहता प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं प्रतियोगिता के क्वार्टर फायनल मुकाबले कल से खेले जायेंगे

चैम्पियनशिप में अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए